किसानों के गन्ना लाने हेतु टोकन प्रणाली शुरू की गई

इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे पहले पलवल सहकारी चीनी मिल का पिराई सत्र शुरू किया गया है एक सप्ताह के अंतराल में प्रदेश की अन्य चीनी मिल को भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि समय पर गन्ने की पिराई हो सके

इसके लिए मिल प्रबंधन द्वारा व्यापक इंतजाम कर लिए गए है

इसमें पूरी पारदर्शिता बतरी जायेगी जो किसान मिल में आकर कम्प्यूटर के सामने अपना पंजीकरण करवायेंगो उसी किसान के टोकन दिया जायेगा

कृषि मंत्री आज रेवाडी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना को आध्निक हथियार और राफेल उपलब्ध करवा कर मज़बूत किया है बरोदा विधानसभा के उपच्नाव को लेकर श्री दलाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि बरोदा विधानसभा में अवैध शराब की बिक्री व आपसी लड़ाई झगड़े के जो मामले सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है

आज फरीदाबाद में एक और पंचकूला में दो कोविड मरीज़ों की मृत्यू भी हुई है

प्लिस के अनुसार उसे गीता गोपाल चौराहे के पास गिरफ्तार किया गया आरोपी की पहचान अमित कुमार उर्फ गौरव के तौर पर हुई है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से कल सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रा मे जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करेगा इस सम्मेलन में जल जीवन मिशन को और गति देने व प्रभावी ांग से से लागू करने से सम्बधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जायेगी जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर तक पर्याप्त मात्रा में सवच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है सम्मेन के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ जल जीवन मिशन की योजना और इसके कार्यान्व्यन पर चर्चा करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री ग्रू रामदास जी के प्रकाशपर्व पर लोगों को बधाई दी है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री ग्रू रामदास जी ने दूसरों की सेवा करने तथा असमानता और भेदभाव को समाप्त करने हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया

हरियाणा में उप राष्ट्रीय पोलियो अभियान के दुसरे दिन बच्चों को घर घर जाकर पोलियों की बंदे पिलाई गई

वे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मास्क सैनिटाइजऱ दस्ताने आदि का उपयोग कर रहे हैं इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम स्वच्छता और सामाजिक दूरी को बनाए रख रही है

उन्होंने बताया कि पहले दिन बूथ गतिविधि के दौरान छूटे झुग्गी झोपड़ी द्र दराज के क्षेत्रों व ईट भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चो को यह टीमें कल भी पोलियो बूदें पिलाने का कार्य करेंगी हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और प्रानी शिकायतों की सनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य नवम्बर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे निगम के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित सभी स्प्रकार की समस्याओं की स्मनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग वोल्टेज़ मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें कनैक्शन काटने और जोडने बिजली आपूर्ति में बाधाएं कार्यक्शलता स्रक्षा विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं

मास्क और दो गज की दूरी है बहुत जरूरी त्यौहारों के मौसम में खुद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें

अम्बाला भिवानी सिरसा से हमारे संवाददाताओं द्वारा दी गई जानकारी के अन्सार आज स्कूलों मैं तीन घंटे के लिए कक्षायें लगाई गई

उन्होंने बताया कि इस दौरान ऑन लाइन कक्षायें भी जारी रहेंगी और हाजिरी नहीं लगाई जायेगी भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि स्कूल आने के लिए विदयार्थियों को माता पिता की अनुमति लेनी होगी सिरसा से हमारे सवांददाता के अन्सार शारीरिक द्वरी का ख्याल रखते हये प्रार्थना सभा नहीं करवाई गई और एक बैंच पर एक विदयार्थी को ही बिठाया गया सोनीपत जिले में बरौदा उप चूनाव के लिए मतदान कल होगा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपाय्क्त श्याम लाल पुनिया की विशेष उपस्थिति एवं पोलिंग पार्टियों को च्नावी सामग्री देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है उपाय्क्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों की वैब कास्टिंग करवाई जाएगी शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी प्रकार की पूख्ता तैयारियां की गई हैं उपाय्क्त पूनिया ने कहा कि बरोदा उप च्नाव में एक महिला मतदान केंद्र विशेष रूप से स्थापित किया गया है साथ ही पांच आदर्श बूथों की स्थापना भी की गई है